वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का लगाया आरोप कहा एनडीए सरकार ने आतंकवाद के खात्मे के लिए उठाए कड़े कदम कुल्लू में तीन हजार से अधिक विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर दिया मतदाता जागरूकता का संदेश मौसम ने फिर ली करवट उंची चोटियों पर हिमपात व अन्य भागों में हल्की वर्षा से तापमान में गिरावट

मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के राम स्वरूप शर्मा बहुजन समाज पार्टी के सेसराम जबकि धर्मेन्द्र ठाकुर ने आज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा इसी तरह कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से संजीव गुलेरिया ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया मण्डी में भाजपा के राम स्वरूप शर्मा के नामांकन दाखिल करने के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कैबिनेट मंत्री गोबिंद ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती मौजूद रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की प्रचंड लहर है और इस बार की जीत ऐतिहासिक रहेगी

संकल्प रैली इस बीच भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा के नामांकन दाखिल करने के बाद पार्टी में मण्डी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा हाईकमान ने प्रदेश की चारों सीटों पर ईमानदार छवि वाले नेताओं को टिकट दिए हैं और यही कारण है कि कांग्रेस की तुलना में भाजपा को भारी जन समर्थन मिल रहा है

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता किया और तत्कालीन सरकार आतंकवाद को भी जवाब नहीं दे पाई उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करने की दृष्टि से एनडीए सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं इस दौरान मुख्यमंत्री ने द्रंग के कुन्नू में भाजपा महिला मोर्चा के सम्मेलन को भी सम्बोधित किया प्रतिक्रिया वहीं प्रदेश कांग्रेस ने मण्डी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा द्वारा पिछले चार वर्षो में आयकर रिटर्न न भरने को आयकर कानून की अवहेलना करार दिया है पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पार्टी इस पूरे मामले को चुनाव आयोग के समक्ष उठाने जा रही है

हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने आज बिलासपुर में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं में जन समर्थन मांगा शिमला से प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कसुम्पटी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि पिछले पांच वर्षों में भ्रष्टाचार करने वालों पर नकेल कसी गई है और भाजपा ने हमेशा सेना मातृशक्ति व भारतीय संस्कृति का सम्मान किया है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर इस कार्यकाल में कोई भी चुनावी वायदा पूरा न करने का आरोप लगाया है शिमला जिले में चौपाल के नंहार में आज एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि भाजपा देश के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी कम करने और औद्योगिक विकास करने में भी नाकाम रही है शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने भी रैली को सम्बोधित किया उधर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा ने मंडी सदर जबकि कांगडा से उम्मीदवार पवन काजल ने कांगड़ा और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया धुमल वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास की राह पर चलते हुए हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में भारत को जो गौरव मिला है उसे बरकरार रखने के लिए सभी को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की जरूरत है रणघीर शर्मा प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस गरीबी हटाने के नाम पर हमेशा से देश की जनता के साथ धोखा करती आ रही है एक बयान में उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश की बहाद्र सेनाओं का सम्मान करने की बजाय कांग्रेस उनके शौर्य पर भी सवाल उठाती रही है रणधीर शर्मा ने कहा कि जनता जागरूक व समझदार है और अपनी हार सामने देख कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर रही है

उन्होंने मतदान का संदेश देती बढ़िया सैल्फी लेने वालों को भी सम्मानित किया उधर बिलासपुर ज़िले में बरठीं सिकरोहा हटवाड़ और पनोह स्कूलों में विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया लाहौल लोकसभा चुनाव को देखते हुए लाहौल स्पिति जिले में मतदान केन्द्रों तक जाने वाली सड़कों को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है

जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि इस माह के अंत तक सभी मतदान केन्द्रों की ओर जाने वाली सड़कों से बर्फ हटाने का लक्ष्य है

उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर जरूरी दवाएं देने के साथ साथ डायरिया से बचाव व रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक कर रही है मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से भी एहतियात बरतने और पानी उबाल कर पीने की सलाह दी है मौसम लाहौल स्पिति जिले की उंची चोटियों पर सुबह से रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है जिससे घाटी में एक बार फिर ठण्ड बढ़ गई है ताजा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग को बहाल करने के कार्य में भी बाधा आई है जिला मुख्यालय केलंग सहित अन्य भागों में सुबह से विद्युत आपूर्ति भी बाधित है जिससे लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है दूसरी ओर किन्नौर व कुल्लू समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर बाद से बादल छाए रहे इधर राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में शाम क समय गरज के साथ वर्षा हुई जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई है

पूर्वाभ्यास भारतीय सेना ने शिमला के अनाडेल मैदान में आज आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया इसमें सेना के हैलीकॉप्टर व जवानों ने भाग लिया सेना के एक प्रवक्ता के अनुसार ये अभ्यास आपातकालीन स्थिति में हैलीकॉप्टर द्वारा जवानों की तैनाती और त्वरित प्रक्रिया से संबंधित था इसका उद्देश्य आपातकाल में सैन्य दलों की शीघ्र प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता प्रदान करने के कार्य को जांचना है

रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार कल्पा उपमण्डल के शारमी और चुलदारंग में बर्फबारी व ग्लेशियर आने से बागवानों के बागीचों को क्षति हुई है